राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रदेश के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों से कोरोना महामारी के दौरान प्रवेश व अन्य कार्यो में फीस वृद्धि न करने के निर्देश दिए हैं ताकि विद्यार्थियों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े

राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का व्यापक विस्तार हुआ है लेकिन गुणवत्ता का स्तर बढ़ाने पर अभी और कार्य करने की जुरूरत है बंडारू दत्तात्रेय ने ऑनलाईन शिक्षा को मुख्य धारा में लाने के लिए कार्य योजना प्रस्तुत करने को भी कहा है परीक्षा परिणाम प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मार्च में ली गई जमा दो कक्षा की वार्षिक परीक्षा का परिणाम आज घोषित कर दिया

परीक्षा परिणाम में एक बार फिर बेटियों ने बाजी मारी है

इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जमा दो कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को बधाई दी है

इसका संचालन जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से किया जा रहा है

सरवीण शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि सुदृढ़ ग्रामीण व्यवस्था एक मजबूत राष्ट्र की रीढ़ होती है उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण आर्थिकी को मजबूत करने तथा ग्रामीणों के जनजीवन को खुशहाल बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है सरवीण चौधरी आज शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के झुलाड़ और डोहब गांवों में महिला मंडलों को चैक व मास्क वितरण के उपरांत बोल रही थीं उन्होंने लोगों से कोरोना महामारी से बचने के लिए सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखने की अपील की सरवीण चौधरी ने कहा कि सरकार पंचायतीराज संस्थाओं को सुदृढ़ करने और इनके माध्यम से ग्रामीणों को विकास में भागीदार बनाने के लिए विशेष प्रयास कर रही है सम्मान निधि पूरे देश की तरह प्रदेश के जनजातीय ज़िला लाहौल स्पिति के किसानों के लिए भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वरदान साबित हो रही है

लॉकडाउन के दौरान किसानों के खाते में आई ये राशि उनके लिए बीज व खाद इत्यादि खरीदने में काफी सहायक साबित हुई और किसान इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आभारी हैं

अनुराग ठाक्र आज बिलासपुर ठियोग और हमीरपुर भाजपा मंडलों के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत केन्द्र सरकार ने सभी वर्गों का ध्यान रखा है और उन्हें उनकी ज़रूरतों के हिसाब से सहायता दी जा रही है उन्होंने कहा कि इस कदम से रोज़गार के नए अवसर भी पैदा होंगे जो देश को आत्मनिर्भर बनाने के सपने को साकार करेंगे

गोविंद ठाक्र आज शिमला में कैम्पा संबंधित कार्यो की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने कहा कि इसके तहत पौधरोपण लैंटाना हटाकर उस भूमि पर पौधे रोपित करना वन नर्सरियां जल व भूमि संरक्षण कार्य और जलाशयों की सफाई कर उनका नवीनीकरण करने सहित वर्षा जल संग्रहण आदि कार्य किए जाएंगे उन्होंने कहा कि वन अग्नि रोकथाम कार्यो को आधुनिक बनाया जा रहा है साथ ही इस कार्य के लिए ड्रोन कैमरों का भी उपयोग किया जाएगा वन मंत्री ने कहा कि कैम्पा फंड के तहत संवेदनशील वन मंडलों में तैनात फील्ड स्टाफ को हथियार और आधुनिक बॉडी कैमरा प्रदान करने पर भी सरकार विचार कर रही है

विभिन्न दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस वर्च्यअल बैठक में भाग लेंगे इस बैठक में प्रधानमंत्री देश के बड़े नेताओं के साथ भारत चीन सीमा की स्थिति पर विस्तार से चर्चा करेंगे पूर्वी लद्दाख की गलवान वैली में हाल में हुई हिंसक झड़पों के मद्देनजर यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है भाजपा प्रदेश भाजपा ने लद्दाख की गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में अगले दो दिनों तक अपने सभी राजनीतिक कार्यक्षम स्थगित कर दिए हैं पार्टी ने यह फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के निर्देशानुसार लिया है पार्टी के प्रदेश संयोजक त्रिलोक जमवाल ने कहा कि इस दौरान पार्टी की पहले से तय कोई भी वर्चुअल रैली नहीं होगी इस बीच गलवान के शहीदों को श्रद्वांजलि देने के लिए छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर एक श्रद्वांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया

मृतकों में सांगला के सूरज कृष्ण सुरजीत सिंह और शंकृतला शामिल है घायलों में वंशिका व तन्जिन शामिल है दोनों घायलों का रामपुर स्थित नागरिक अस्पताल में ईलाज चल रहा है ये जीप सांगला से ज्यूरी की ओर जा रही थी

इसे सुबह साढ़े छह बजे से दूरदर्शन पर प्रसारित किया जाएगा और अन्य मीडिया प्लेटफार्मो से लाइव स्ट्रीम के जरिए इसका प्रसारण होगा प्रधानमंत्री के संदेश के बाद मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान की टीम सुबह सात बजे से पौने आठ बजे तक योगाभ्यास का कार्यक्रम प्रस्तुत करेगी